इस चरण में तराई अवध और बुन्देलखंड अंचलों की शाहजहांप्र हरदोई मिश्रिख इटावा और जालौन सुरक्षित सीटों समेत उन्नाव फर्रूखाबाद कन्नौज कानप्र अकबरप्र झांसी हमीरप्र खीरी लोकसमा सीटों और निघासन विधानसभा उप चुनाव सीट के लिये कल सुबह सात बजे से सायं छः बजे तक वोट डाले जायेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए अंतर्राज्जीय और अंतर जनपदीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बलों द्वारा नाकों पर गहन चौकिंग की जा रही है

कन्नौज में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक के बीच सीधा मुकाबला दिखाई पड़ता है यहां कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है

आकाशवाणी समाचार के लिए कन्नौज से मैं मुलतान सिंह यादव लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की संसदीय सीटों के लिये भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभायें कर वोट मांगे पांववें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इस चरण के लिये मतदान छ मई को होगा लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन और नाम वापासी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है अब इस चरण की सीटों के लिये एक सौ चौहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गये हैं छठें चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों के लिये आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आज़मगढ़ जौनपुर मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है इस चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तारीख तीस अप्रैल है मतदान उन्नीस मई को सम्पन्न होगा सातवें चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कूशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबट्सगंज प्रदेश की आगरा विधानसभा सीट पर उप चुनाव उन्नीस मई को होगा प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि आगरा विधानसभा के विघायक जगन प्रसाद गर्ग का विगत दस अप्रैल को असामयिक निधन हो गया था जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गयी मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस सीट के लिए नामांकन भरने के लिए अंतिम तिथि उत्तीस अप्रैल है जबकि नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी और दो मई तक नाम वापसी हो सकेगी इस सीट की मतगणना तेईस मई को होगी

प्रत्येक मतदाता को अपने वोट के महत्व को समझना चाहिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को आज पंजाब विश्वविद्यालय विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया उन्हें यह पुरस्कार चण्डीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के अड़सठयें वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रदान किया गया एयर इंडिया की उड़ानों का परिचालन सामान्य हो गया है कल सर्वर ठप्प होने के कारण दुनियाभर में एयर इंडिया की उड़ानों में बाधा आई थी एयर इंडिया की यात्री सेवा प्रणाली के कल तड़के साढ़े तीन बजे से सुबह आठ बजकर पैंतालीस मिनट तक काम न करने के कारण इक्कीस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित पच्चासी उड़ानें बाधित हुई इसका असर बाद की उड़ानों पर भी पड़ा और कुल एक सौ पचपन उड़ानों में देरी हुई इस वर्ष मॉनसून की सामान्य वर्षा होने की आशा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून मौसम की वर्षा के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए भूविज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एमराजीवन ने बताया है कि जून से सितम्बर तक छियान्नवे प्रतिशत अच्छी बारिश होने की आशा है कृषि के लिए यह वर्षा काफी लाभप्रद होगी